वन विभाग की ओर से बताया गया है कि सभी शेरों बाघों सफेद बाघ तथा पेंथर के सैंपल आईवीआई बरेली भेजे गये थे जिनमें से एक शेर की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है इसके अलावा सफेद बाघ एक शेरनी और पैंथर के सैंपल फिर से भेजने के निर्देश दिये गये हैं नाहरगढ जैविक उद्यान पर्यटकों के लिए पिछले महीने ही बंद कर दिया गया था वन विभाग की ओर से बताया गया है कि अन्य वन्यजीवों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया इसके लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर करेगी इस खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है औषधि महानियंत्रक ने विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली हैं ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ स्वयं सेवकों पर किये जाएंगे परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगाए जाएंगे

खुशियों का पर्व ईद उल फित्र प्रदेश में कल मनाया जाएगा जयपुर की जामा मस्जिद में कल आयोजित हुई हिलाल कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया जामा मॉस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने बेताया कि आज रोजेदार तीसवां रोजा रखेंगे और कल ईद मनाई जाएगी उन्होंने लोगों से मास्क लगाने भीड़ से बचने तथा घरों में नमाज अदा करने की अपील की

इसे विवाह के लिए अब्रुझ सावा माना जाता है लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ज्यादातर शादियां टाल दी गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए विवाह स्थगित करने की अपील की है

श्रीगंगानगर सहित कुछ जिलों में आज सुबह भी बारिश के समाचार हैं

आज बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ नागौर चुरू सीकर झुन्झुनू तथा अलवर जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है इसके अलावा भी कई जिलों में आधी चलने और बारिश तथा ओलावृष्टि के आसार हैं

इस मौके पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है कल प्रदेश के रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी इसके साथ ही शहर में घर पर ही लोग छतों पर पतंग उड़ाकर स्थापना मना रहे हैं कोरोना संक्रमण के मददेनजर किसी भी प्रकार का कोई सामूहिक आयोजन नहीं रखा गया है